मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कल कृषि मंडी का निरीक्षण किया उन्होंने किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर मडी समिति द्वारा प्रदत्त सुविधाओ और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की इस अवसर पर मुख्यमंत्री न मुख्यमंत्री व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत महराजगंज जिले के ग्राम चड़रहा के एक लाभार्थी को दो लाख रूपये तथा मुख्यमंत्री खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना के तहत एक लाभार्थी को पच्चीस हजार छह सौ रूपये का चक प्रदान किया मुख्यमंत्री ने किसानों और व्यापारियों को सभी आवश्यक स्विधाएं उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सर्किट हाउस सभागार में कल पंचायती राज नगर विकास और ग्राम्य विकास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल पर सचिवालय कर्मियों के विरूद्व दिखाई जाने वाली रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है उन्होंने इस प्रकरण से संबंधित तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने तथा उनके विरूद्ध वधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निदेश दिये मुख्यमत्री ने मामले की जाच के लिये एडीजी लखनऊ जोन राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने एस आईटी को इस प्रकरण में सभी पक्षों का बयान दर्ज करने के साथ साथ दस दिनों के भीतर जांच पूरी करने के लिये कहा है राष्ट्रीय जाच एजेंसी एनआईए ने इस्लामिक स्टेट के आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद गिरफ्तार किये गये दस लोगों को आज दिल्ली की पटियाला हाउस की विशेष अदालत में पेश किया अदालत ने सभी को बारह दिन की एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है

एनआईए के इंस्पेक्टर जनरल आलोक मित्तल ने बताया कि यह माड्यूल सिलसिलेवार विस्फोट करने की तैयारी में था वित्तमंत्री अरूण जेटली ने खतरनाक आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की प्रशंसा की है कन्द्रीय गृह राज्य मत्री किरेन रिजिजू ने आतकवादियो की गिरफ्तारी को एनआईए की बहुत बड़ी सफलता बताया है

बड़ी कामयाबी है न वारदात होने से पहले सारा चीज मामला को हाथ में पकड़ लेना ये बहुत बड़ी कामयाबी है सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज नई दिल्ली में अपने मंत्रालय के लिए प्रशासनिक हैंडबुक जारी की हैंडबुक में पूरे देश की विभिन्न मीडिया इकाइयों और मंत्रालय में काम कर रहे साढ़े सात सौ से ज्यादा अधिकारियों की विस्तृत जानकारी है इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि इस हैंडबुक से न केवल अधिकारियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी बल्कि उनमें समन्वय स्थापित करने और कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनान में भी सहायता मिलेगी उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय के कार्यो की प्रशंसा की मंत्रालय में सचिव अमित खरे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि और मत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे

प्रादेशिक समाचारो के इस बुलेटिन मे आपका फिर से स्वागत है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आज दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की रैंकिंग के अंतर्गत इस वर्ष जून से अक्टूबर तक छह प्रमुख विकास क्षेत्रों में जिलों की प्रगति के ब्यौरे दिए गए हैं तमिलनाडु के विरूधनगर जिले म सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रगति हुई इसके बाद ओडिशा में नआपाड़ा जिला उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर बिहार में औरगांबाद और ओडिशा में कोरापुट जिले का स्थान रहा इन जिलों ने सामाजिक प्रगति के बुनियादी मानका के तहत विकास के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य किया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा कौशल विकास और बुनियादी ढांचा सहित विभिन्न पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर जिलों की पारदर्शी तरीके से रैंकिंग की गई है प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते आम जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित है कई स्थानों पर तापमान शून्य डिग्री के आसपास है मुजफ्फरनगर में आज न्यूनतम तापमान शून्य दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बीते एक सप्ताह से जिले में न्यनतम तापमान लगातार जमाव बिन्दु के निकट चल रहा हैं उधर पूर्वाचल के कई जिले ठंड की चपेट में हैं गोरखपुर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज के रैन बसेरों के औचक निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद लोगों से इन स्थानों पर मिल रही सुविधाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस कड़ाके की सर्दी म सरकार उनका हर संभव ख्याल रखेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि मौजूदा रैन बसेरों में सभी सुविधाएं देने के साथ ही अस्थाई रैन बसेरों का भी इंतजाम किया जाये ताकि किसी को खुले में न सोना पड़े वहीं मऊ में भीषण शीतलहर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा आज रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों के आसपास रहने वाले जरूरतमंदों के बीच कम्बल वितरित किये गये इस बीच घने कोहरे की वजह से रेलवे ने प्रदेश से होकर गुजरने वाली ग्यारह और ट्रेनों को रद्द कर दिया है दो अन्य ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है जबकि छह ट्रेनों के फेरों में कमी की गई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के लिये प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किये हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक नरोत्तम मिश्र को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है गुजरात के पूव गृहमंत्री गोवर्धन झडापिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यन्त गौतम को भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद का दायित्व सौंपा गया है प्रदेश के इन तीनों प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा श्री शाह के निर्देश पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने कल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के मंत्रियों ने देशभर के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों सहित अन्य लोगों को प्रयागराज कुंभ में आने का निमंत्रण देना शुरू कर दिया है